मौसम विभाग ने बारिश के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में ओरेंज और यलो अलर्ट किया जारी

जीएसटी नेटवर्क ने नए विक्रेताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया

झालावाड़ जिले में पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है भारी बारिश के चलते चौमेला और डग क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब हो रहे है चौमेला में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण दिल्ली मुंबई रेलमार्ग बाधित हो गया है इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने और पानी भरने के कारण कई गांवों का संपर्क ट्रट गया है जिले की कालीसिंध आह परवन छापी सहित अन्य छोटी बडी नदियां उफान पर है

गांधीसागर राणाप्रताप और कोटा बैराज से लगातार हो रही पानी की निकासी के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ रहा है इसे देखते हुए सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों के कई गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर निगाहे बनाए हुए है निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है चित्तौडगढ़ जिले में भी भारी बारिश के कारण हालात खराब हो रहे है देर रात से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है

इसके बाद चित्तौडगढ़ रावतभाटा का संपर्क टूट गया है

इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कल बांसवाड़ा बारा झालावाड़ कोटा डूंगरपुर और प्रतापगढ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं भीलवाडा ब्रंदी चित्तोड़गढ राजसमंद और उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग ने बारा में मंगलवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि सिरोही टोंक उदयपुर सवाई माधोपुर कोटा प्रतापगढ समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दो दिनों में प्रदेश के धौलपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में अत्यधिक बारिश के चलते जल भराव की स्थिति को देखते हुए कल शाम तत्काल राहत कार्य शुरू करने को कहा श्री गहलोत ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक कर इन जिलों में जल भराव की स्थिति की समीक्षा की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता

उसने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भी गुमराह करने की कोशिश की है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पार्किस्तान की बातों पर भरोसा नहीं हैं उन्होंने कहा कि भारत में आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में सिखों बौद्वों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन जारी है जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बडियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष सूशील कुमार मोदी ने बंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉयस दिए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर संत्यापन कराना होगा और यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होगी

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपड़ा उद्योग स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर में छाई मंदी को देखते हुए इन क्षेत्रों को तुरंत राहत देने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि सरकार लीक र्स हटकर उद्योगों को कैसे सहारा दे सकती है श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में पहले से स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए ताकि वे आगे बढ़ सकें और लोगों के रोजगार पर खतरा पैदा नहीं हो

चिकित्सा और ं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने थानों में एफआईआर दर्ज करने की सुगम व्यवस्था की है जिससे पीडितों को न्याय मिल सके डा शर्मा ने राज्य में कानुन एवं व्यवस्था के सम्बंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है भाजपा सरकार के समय में तो थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी उन्होंने बताया वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है जयपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर ने कल हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस अधिकारियों की बैठक में भाग लिया इसमें हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के समन्वय पर विस्तुत चर्चा की गई श्री सेंगथिर ने बताया कि बैठक में हरियाणा और प्रदेश की सीमा से लगते जिलों पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया इसमें चुनाव के दौरान गश्त नाकेबंदी अपराधियों की सुचनाओं का आदान प्रदान बेहतर बनाना इनामी बदमाश वांछित आरोपी और इलाके में सक्रिय गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर विचार विमर्श किया गया